इस लक्ष्य को कौशल निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों किफायती दर पर दवाएं और टीके उपलब्ध कराकर तथा जानकारी के आदान प्रदान के कार्यक्रमों में सहयोग के जरिए हासिल किया जा सकेगा नई दिल्ली में आज चौथे भागीदारी मंच का उदघाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत उन शुरूआती देशों में शामिल है जिन्होंने किशोरों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को लागू करने पर विशेष जोर दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए बड़ी बजट राशि आवंटित करने और इसकी निगरानी के लिए सोच में बदलाव की जरूरत है श्री मोदी ने कहा मां स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और बच्चे का स्वस्थ रहना उसका भविष्य तय करेगा प्रधानमंत्र ने बताया कि इंद्रधनुष मिशन के तहत पिछले तीन वर्षो में तीन करोड़ अट्ठाईस लाख बच्चों और चौरासी लाख गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जा चुके हैं संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई लोकसभा की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस सदस्य राफेल विमान सौदे में कथित अनियमितताओं के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन के बीचो बीच पहुंच गए ये सदस्य मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहे थे ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सदस्य भी कावेरी नदी पर बांध बनाने का विरोध और कावेरी मुहाने के किसानों की जीवन रक्षा की मांग करते हुए सदन के बीचो बीच पहुंच गए तेलुगु देशम सदस्यों ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम दो हजार चोदेह के तहत राज्य को आर्थिक सहायता देने की मांग के नारे लगाए शिव सेना के सांसद अयोध्या में मंदिर निर्माण की मांग कर रहे थे शोर शराबे के बीच अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने पहले दोपहर तक और फिर दिन भर के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी राज्यसभा में तमिलनाड के किसानों से जुड़े मुद्दों पर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके और डीएमके सदस्यों के विरोध के कारण सदन की कार्रवाई पहली बार दोपहर बारह बजे और फिर दिन में दो बजे तक और उसके बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विवाह पंचमी के अवसर पर नेपाल के ऐतिहासिक शहर जनकप्र में सुप्रसिद्ध जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की मंदिर पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया इसके बाद श्री योगी ने नेपाल के प्रांत दो के मुख्यमंत्री लालबाब राऊत और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की प्रांतीय सरकार ने उनका अभिनंदन किया इस अवसर पर नेपाल के संस्कृति मंत्री रबिन्द्र अधिकारी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पुरी मौजूद थे पूर्व वित्त सचिव शक्तिकांत दास ने आज भारतीय रिजर्व बैंक के नये गवर्नर का पदभार संभाल लिया श्री दास का कार्यकाल तीन वर्श का होगा वह उर्जित पटेल के स्थान पर आए हैं श्री पटेल ने सोमवार को त्यागपत्र दे दिया था श्री दास रिजर्व बैंक के पचीसवें गवर्नर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हई प्रदेष कैबिनेट की बैठक में सोलह प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए प्रदेष सरकार के प्रवक्ता सिद्दार्थनाथ सिंह और श्रीकांत षर्मा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर राज्य चिकित्सा विष्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी बैठक में अमृत योजना के तहत आगरा में सीवरेज योजना के लिये तीन सौ तिरपन करोड़ रूपये के अनुमोदन का प्रस्ताव भी पास हुआ है प्रयागराज के साथ आगरा मथुरा और वाराणसी में पर्यटन विकास के लिये हेलीकॉप्टर सेवा संचालन को हैलीपैड बनाने के लिये जमीन देने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की बैठक में हेल्थ वर्कर्स की भर्ती प्रक्रिया में संषोधन प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है इसके तहत अब एएनएम पद पर भर्ती के लिये न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट रखी गई है बैठक में स्कूल वैन और स्कूल बसों के लिये मोटर नियमावली में संषोधन से संबंधित प्रस्ताव भी पारित हो गया है इसके तहत वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने ड्राइवरों की आई टेस्टिंग और वाहन पार्किंग स्थलों पर कैमरे लगाने तथा ओवर लोडिंग रेग्युलेषन में संषोधन किया गया है कैबिनेट ने प्रदेष के अन्त्योदय श्रेणी के लाभार्थियों के लिये चीनी की खरीद रिवर्स ई आक्षन की प्रक्रिया से किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है जौनपुर जिले के केराकत कोतवाली क्षेत्र में आज एक सड़क दुर्घटना में एक महिला सहित पांच लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि सात अन्य घायल हो गये पुलिस सुत्रों के हवाले से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि घटना तब हयी जब एक ट्रक टायर फटने से अनियंत्रित होकर एक तीन पहिया वाहन से जा टकरायी घायलों को इलाज के लिये जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है